बहुचर्चित हैबसपुर नरसंहार मामले में पटना की विशेष अदालत ने सभी अटठाईस आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया वर्ष उन्नीस सौ सतानवे में पटना जिले के रनिया तालाब थाना क्षेत्र के हैबसपुर गांव में अनुसूचित जाति के दस लोगों की रणवीर सेना समर्थकों द्वारा हत्या कर दी गयी थी इस मामले में मुख्य आरोपी लांगड़ सिंह को बनाया गया था जिसकी बाद में हत्या हो गयी थी केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के एक करोड़ आठ लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया जायेगा योजना के तहत चिन्हित गरीब परिवारों को एक साल के लिए पांच लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जायेगा स्वास्थ्य विभाग ने लाभूकों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है सूत्रों ने बताया कि तीन चार महीने के भीतर लोगों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा योजना के अन्तर्गत निबंधित किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में कैशलेश इलाज कराया जा सकता है वहीं बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा है कि रेल लाइनों के सुधार कार्य की वजह से रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ट्रैक का सुधार कार्य मिशन मोड पर जारी है जिससे रेलगाड़ियों के आवागमन में देरी हो रही है श्री गोयल के संदेश के एक मिनट का वीडियो सभी स्टेशनों पर चलाया जा रहा है जिसमें लोगों से धैर्य बनाये रखने को कहा गया है उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि आधार नम्बर से जूड़ जाने के बाद प्रदेश के जन वितरण प्रणाली उपभोक्ता किसी भी पीडीएस द्रकान से अनाज ले सकेंगे श्री पासवान ने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को चरणबद्व तरीके से पूरे देश में लागू किया जायेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बरौनी खाद कारखाने से वर्ष दो हजार इक्कीस से यूरिया का उत्पादन शुरू हो जायेगा श्री मोदी ने कहा कि कारखाने के मुख्य प्लांट का काम फ्रांस की एक कम्पनी को दिया गया है उन्होंने कहा कि इसके शुरू हो जाने से डेढ़ हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और दस हजार से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राजद के कारण अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो सका पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री राय ने कहा कि एनडीए सरकार इसके लिए बिल लायी थी लेकिन दोनों ही पार्टियों के रवैये के कारण यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जन जन के बीच अपने काम की बदौलत लोकप्रियता हासिल कर चुकी है श्री राय ने केंद्र की विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के पिछले अड़तालीस महीने कांग्रेस के अड़तालीस सालों के शासन पर भारी पड़े है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं के परीक्षा परिणाम में डीएवी पब्लिक स्कूल खगौल के रोहित राज निन्यानवे दशमलव दो प्रतिशत अंक प्राप्त कर बिहार टॉपर बने हैं डीपीएस धनबाद की मैत्री शांडिल्य भी चार सौ छियानवे अंक प्राप्त कर रोहित के साथ संयुक्त रूप से पटना जोन में टॉपर रही हैं दूसरे स्थान पर रहे डीएवी खगौल के ही छात्र शिवम राज ने निन्यानवे फीसदी अंक प्राप्त किए हैं लोयला हाईस्कूल पटना के मानस चौधरी ने अट्ठानवे दशमलव आठ प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया है पटना जोन से इस बार सत्तासी दशमलव आठ एक प्रतिशत छात्र उतीर्ण हुए हैं प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नये सत्र से च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अन्रूप पाठ्यक्रम शुरू होगा राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में कुलपतियों की हुई बैठक में यह फैसला किया गया इस प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों को विज्ञान कला और वाणिज्य के मिले जुले विषयों के साथ पढ़ाई करने की छूट रहती है वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर देशभर के बैंक कर्मी आज से दो दिनों की हड़ताल पर रहेंगे हड़ताल में ग्रामीण बैंक शामिल नहीं है राज्य के लगभग पैंसठ हजार बैंककर्मी हड़ताल में शामिल होंगे इस दौरान एटीएम सेवा भी बाधित रहेगी राज्य के नये मूख्य सचिव नियुक्त किये गये दीपक कुमार ने कहा है कि कामों को तेज गति से पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो लक्ष्य तय किये हैं उसे समय सीमा के अन्दर पूरा करने के लिए वे काम करेंगे कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में आज तड़के आंधी और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है इन दौरान कहीं कहीं तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चली मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के दौरान आंधी पानी के साथ बिजली गिरने की आशंका जतायी है इधर विभाग ने कहा है कि इस बार प्रदेश में मॉनसून तीन दिन पहले प्रवेश कर जायेगा विभाग के अनुसार केरल में तय समय से पहले मॉनसून के दस्तक देने के कारण प्रदेश में इसके सात से दस जून के बीच सक्रिय होने की सम्भावना है इस बार अट्ठानवे प्रतिशत तक बारिश की सम्भावना जतायी गयी है सीवान जिले की एक अदालत ने हत्या के आठ साल प्राने एक मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास और बीस बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है वहीं बेगूसराय जिले की एक अदालत ने एक महिला की जलाकर हत्या करने के मामले में सीआईएसएफ के एक जवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है बेगूसराय जिले के बलिया स्थित एक होटल में छापेमारी कर पुलिस ने बारह क्विंटल गांजा के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार लोगों के पास से ढाई लाख रुपये नकद बरामद किये गये हैं गोपालगंज जिले के बलेसरा पंचायत के पीड़रा गांव में अपराधियों ने अंधाध्ंध फायरिंग कर स्थानीय मुखिया के बेटे की हत्या कर दी गोलीबारी की घटना में तीन लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये पटना जिले के गोरखरी के मुखिया और पंचायत सेवक के खिलाफ सत्ताईस लाख रूपये की अवैध निकासी के मामले में केस दर्ज किया जायेगा जिलाधिकारी कुमार रवि ने बिक्रम के प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस संबंध में आदेश दिया है पटना के बोरिंग रोड चौराहे के पास एक दवा दुकान से पुलिस ने लीवर सिरोसिस की नकली दवा बरामद कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले के जिले के जमालपुर थानाध्यक्ष से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है रोहित सीबीएसई दसवीं में बिहार टॉपर दैनिक जागरण लिखता है आज से दो दिनों की हड़ताल पर बैंककर्मी दैनिक भास्कर की खबर है भवन निर्माण विभाग में भर्ती होंगे एक सौ अभियंता प्रभात खबर ने राज्य कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है चत्र्थवर्गीय कर्मियों के पद खत्म अब ये तृतीय वर्ग में राष्ट्रीय सहारा ने केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है पीडीएस दुकानों में दो हजार उन्नीस तक नहीं बढ़ेंगे अनाजों के दाम आज की खबर है मुद्रा योजना से युवाओं के सपने साकार मोदी